कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे पी दलाल ने किसानों को परम्परागत खेती के साथ साथ बागवानी व कृषि से जुड़े व्यवसाय अपनाने को कहा रोडवेज़ कर्मचारियों ने कल सात जनवरी को प्रस्तावित हड़ताल वापस ली

श्रीमहापात्रा ने किसान विज्ञान कांग्रेस के उदघाटन के बाद कहा कि दृष्टिकोण मे आया बदलाव प्रधानमंत्री के आह्वान का परिणाम है

उन्होंने कहा कि अब इन मॉडलो का खेती में परीक्षण किया जा रहा है डा महापात्रा ने कहा कि प्रगतिशीलकिसानों के नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए किसान नवाचार कोष और नवाचार केन्द्र स्थापित किये जायेंगे

प्रधानमंत्री के निर्देश पर इस तरह के एक अन्य निर्णय में देश में दालों के उत्पादन में क्रांतिकारी बदलाव देखा गया है

प्रधानमंत्री के एक और आहवान पर भातरीय कृषि अन्संधान परिषद मिट्टी में सुक्ष्म जीवों को पैदा करके रसायनिक खादों के उपयोग को कम करने का प्रयास कर रहा है इसके नैनो उर्वरक और नैनो कीटनाशक विकसित किये जा रहे है

चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपाय्क्तों के साथ जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हये मुख्यसचिव ने अधिकारियों से कहा कि सक्षम युवाओं की मदद से मिश्न के तहत ग्रामीण क्षेत्रो मे आपूर्ति का सर्वेक्षण करे और पता करे कि कितने घरों मे अवैध कनैक्शन है

फतेहाबाद में भारतीय जनता पार्टी ने आज नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में जन जागरण अभियान का आयोजन किया हालांकि बारिश के चलते शहर मे बीजेपी जन जागरण मार्च नहीं निकाल पाई

मीडिया से बातचीत में श्री बराला ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हये कहा कि जेएनयू में पहले भी इस तरह की घटनायें होती रही है रोडवेज़ का चक्का जाम को लेकर सुभाष बराला ने कहा कि सरकार को रोडवेज़ में जिस प्रकार के बदलाव की जरूरत थी जनहित में वह बदलाव किया गया है सुरजकंड मेला प्राधिकरण तथा ब्रिटिश कांऊसिल आफ इंडिया के मध्य एक समझौता हस्ताक्षरित किया जायेगा जिसके तहत बरतानिया के कारीगर व कलाकार सूरजकंड मेले में अपनी संस्कृति का प्रदर्शन कर सकेंगे

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार सूरजक्ंड में एक से सोलह फरवरी तक लगने वाले मेले में भारतके अलावा अन्य देशों के शिल्पकारों के उत्पादों की प्रदर्शनी लगती है और अब बरतानिया के कारीगर भी मेले में भाग लेंगे बरतानिया के कलाकार भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्त्ति देने के लिए स्रजक्ंड पहंचेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे पी दलाल ने किसानों को परम्परागत खेती के साथ बागवानी व कृषि से जुड़े अन्य व्यवसायों को अपनाने का आहवान किया है आज सिरसा के जिला बागवानी कार्यालय में आध्निक गृणवता नियंत्रण प्रयोगशाला का उदघाटन करने के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि किसान गेहूं कपास व धान जैसी फसलो से न तो अधिक उत्पादन ले सकता है और न ही अधिक मूल्य ले सकता है इसलिए उसे आय में वृदवि करने के लिए बागवानी व पश्पालन अथवा मत्स्य पालन जैसे कार्य अपनाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि सरकार बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनायें चला रही है प्रयोगशाला पर उन्होंने कहा कि इससे राज्य के किसान लाभान्वित होंगे और खादों व कीटनाशकों के अत्याधिक प्रयोग के कारण किसान का उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय मंडियों में स्वीकार नहीं किया जाता अब प्रयोगशाला की मदद से किसान अपने फल व सब्जियों में रसायनों की मात्रा कम करके अपने उत्पाद का बेहतर मूल्य ले सकेंगे उन्होंने कहा कि सरकार जैविक खेती के लिए भी किसानों को प्रेरित कर रही है इसी कड़ी में विभाग ने अलग से प्राकृतिक कृषि विंग बनाया है जो पदम श्री पारलेकर की विधि पर काम करते हये किसानों को प्राकतिक खेती के लिए प्रशिक्षित करेगा

जवाहर लाल नेहरू विश्वविदयाय में हई हिंसा के खिलाफ आज चंडीगढ़ में वामपंथी दलों से संमद्वपंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन किया

स्रक्षा कर्मियों द्वारा प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों को सेमिनार हाल से बाहर ले जाया गया

सेमिनार मे मौजूद राष्ट्रीय महिा आयोग की अध्यक्षता रेखा शर्मा ने कहा कि ये आज़ाद देश है और उनहोंने अपनी बात रखने के हक का प्रयोग किया है रेखा शर्मा ने कहा कि जहां तक जेएनयू में हिंसा का प्रश्न है केन्द्रीय ग़्हमंत्रालय ने इसका संज्ञान लिया है हरियाणा रोडवेज की कल होने वाली प्रस्तावित हड़ताल रद्द हो गयी है हरियाणा परिवहन विभाग के मंत्री मूलचंद शर्मा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस॰एन॰रॉय व निदेशक वरिंद्र दहिया के साथ हरियाणा रोडवेज के दोनों कर्मचारी संगठनों के साथ साथ अलग अलग वार्ता में विभिन्न मुद्दों पर ह्ई परिचर्चा के बाद यह सहमति बनी